जेईई मेन्स प्रवेश परीक्षा शुरु कोरोना के चलते परीक्षा केन्द्रों पर बचाव के व्यापक इंतजाम

उनके पूत्र अभिजीत मुखर्जी ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी सेना की दुकड़ी ने उन्हें तोपों से अंतिम सलामी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश ने एक प्रतिष्ठित राजनेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है सात बार सांसद रह चुके प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था वे एक सम्मानित और लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति थे सरकार ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों तथा नेताओं ने श्री मुखर्जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने श्री मुखर्जी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों का गरिमा के साथ निर्वहन किया प्रदेश में पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में राज्य सरकार के कार्यालयों में आज अवकाश घोषित किया गया राज्यभर में सभी सरकारी इमारतों पर झण्डे आधे झुके हुए हैं वहीं आकाशवाणी सहित केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में श्री मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई और उनर्के सम्मान में दो मिनिट का मौन रखा गया प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी गई

राज्यसभा की भी इसी दिन लेकिन अलग समय पर बैठक होगी कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किये जा रहे हैं इनमें सभी सांसदों की जांच लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा

केन्द्र सरकार और रिज़र्व बैंक की ओर से आज इस बारे में सॉलिसिटर जनरल तृषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह महामारी को बीच रोक की अवधि के दौरान व्याज दरो को माफ करने की याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा

सरकार की विशेष अनुमति को छोडकर अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा

उद्योग उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के कर्मचारी कोरोना संक्रमित भिलने के बाद यहां आमजन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है

इस बीच भरतपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत आज रेलवे स्टेशन पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजत किया गया

वहीं बूंदी में सरकारी आयुर्वेद अस्पताल की ओर से आज जेल के कैदियों और स्टाफ को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया

आज एक बयान में श्री शर्मा ने कहा कि निजि अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की सुविधा युक्त शैय्याओं की संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं

ये परीक्षा छह सितम्बर तक दो पारियों में हो रही है कोरोना के कारण परीक्षार्थियों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क ग्लव्स और फेस शील्ड पहनकर परीक्षा दी

आज पहले दिन बीआर्क और बी प्लानिंग का एग्जाम हआ

नीट और जेईई के अम्यर्थी और उनके अभिभावकों के लिए एडमिट कार्ड की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी को वैध पास माना जाएगा जेईई मेन परीक्षा वाले शहरों में अम्यर्थियों और उनके अमिभावकों के लिए परीक्षा के निर्घारित दिवसों पर होटल रेस्त्रां धर्मशाला भी खूले रहेंगे

इसका लक्ष्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरुकता बढ़ाना है इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्दन ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का लक्ष्य एक स्वस्थ राष्ट्र बनाना है उन्होंने सुपोषण के प्रति जागरुकता के लिए सभी लोगों का आहवान किया है

इसके जरिए देश के विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में रह रहे विविघ संस्कृतियों के लोगों के बीच ताल मेल बढ़ाना है

इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ीदार बनाया जाता है ताकि लोगों को एक दूसरे की संस्कृतियों परंपराओं और रिवाजों को जानने का अवसर भिल सके राजस्थान का जोड़ीदार राज्य असम है

बारिश के कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए बाडमेर प्रशासन ने आज जिले में अलर्ट जारी किया है

व्यूरो जयपुर निदेशक ऋत् शुक्ला ने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता का विषय नए भारत की बदलती तस्वीर है